कई शहरों का सड़क संपर्क टूटा

भारी बारिष के चलते ज्यादातर नदियां उफान पर हैं वहीं कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है राजधानी भोपाल में बडे तालाब का जलस्तर बढने से भदभदा के दस गेट खोल दिये गये हैं वहीं कोलार के दो गेट भी खोले गये हैं

जिला प्रषासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है उमरिया में एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिष से नदी नाले उफान पर है कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को जलाषयों की निगरानी करने और जरूरत पडने पर वहां कैम्प करने के निर्देष दिये हैं उज्जैन जिले में भी भारी वर्षा का दौर जारी है निचली बस्तियों में पानी भरने से कई इलाके जलमग्न हो गये हैं जबकि इंदौर में भी कई बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है क्छ इलाकों में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव दलों को सकिय किया गया है रायसेन जिले में वारना बांध के चार गेट खोले गये हैं मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद जबलपुर सागर उज्जैन इंदौर ग्वालियर चम्बल संभागों और रीवा शहडोल संभाग के अनेक जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है जबकि खरगौन अलीराजपुर धार झाबुआ रतलाम जिलों में अत्यधिक भारी बारिष की संभावना जताई है सीएम बाढ़ निर्देष मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेष में अतिवर्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की और लोगों को जलभराव से बचाने के लिए आवष्यक निर्देष दिये हैं मृख्यमंत्री ने कल सभी जिलों कलेक्टरों से कहा है कि बड़े बांधों और जलाषयों की स्थिति पर नजर रखी जाये और जिला मुख्यालय पर स्थित आपदा नियंत्रण केन्द चौबीस घंटे सकिय रहे बाढ़ की स्थिति में बचाव दल मुस्तैद रहें जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाये केंद्र निर्देष केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच और किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्रों में कहा है कि कुछ राज्यों और जिलों में स्थानीय स्तर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है जिससे सामान और सुविधा के परिवहन में समस्या आ रही है साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं इसलिए यह सुनिष्चित किया जाये कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाये जायें पीएम खिलौना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढावा देने और वैष्विकस्तर पर उन्हें लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया हैं उन्होंने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्ष के दौरान कहा कि खिलौनों से बच्चों का मानसिक विकास होता है भारत में खिलौना उद्योग से हजारों कारीगर जुडे हैं देष में खिलौना बजार के विस्तार की अपार संभावना है आत्मनिर्मर भारत योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योग में कांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है

इनमें से पांच सौ से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं अच्छी खबर हमारी विषेष श्रृंखला अच्छी खबर के उनसठवें अंक में सुनिये भिण्ड में बीहड को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे किसान की कहानी पर एक रिपोर्ट

जेल निर्देष राज्य सरकार ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वाले बंदियों को कोरोना जांच के बाद ही जेलों में दाखिल करने के निर्देष दिये हैं हाल ही में आये न्यायालय के निर्देष का हवाला देते हुए सभी कलेक्टरों प्रलिस अधीक्षको स्वास्थ्य अधिकारियों और जेल अधिकारियों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि जेलों में संकमण को देखते हुए यह सुनिष्वित किया जाये कि जेलों में दाखिल होने वाले बंदियों की कोरोना जांच हो यदि उनकी रिपोर्ट पॉजेजिटिव आती है तो उन्हे उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में कोविड केयर सेण्टर भेजा जाये

मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे